मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाने का आग्रह किया म्ख्यमंत्री ने कहा कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उपचार से ज्यादा बचाव महत्वपूर्ण राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने किसानों से जैविक खेती को बढावा देने की अपील की मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा का अन्मान जताया केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उपाय तेज कर दिए हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने अंतर मंत्रालय बैठक में कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की कल समीक्षा की और स्थिति का जायजा लिया तैयारियों का स्तर बढ़ाने के लिए समी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर समी यात्रियों की थर्मल इमेजरी उपकरणों से स्क्रीनिंग की जाएगी तथा पर्यटकों और विदेश से लौटने वाले यात्रियों को यात्रा की जगहों की अनिवार्य रूप से जानकारी देनी होगी गृह मंत्रालय से सीमाओं पर स्थापित एकीकृत जांच चौकियों पर जांच प्रक्रियाओं के साथ सभी निर्देशों पर अमल सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन सहित राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने को कहा गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि दुनियाभर के विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि कोविड नाइन्टीन के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने वाले आयोजनों को कम किया जाये एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस सलाह को देखते हए उन्होंने इस वर्ष किसी भी होली मिलन कार्यक्रम में भाग न लेने का फैसला किया है गृहमंत्री अमित शाह ने भी होली मिलन समारोहों में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है उन्होंने लोगों से सार्वजनिक समारोहों में हिस्सा न लेने और अपने परिवार की उचित देखभाल करने को भी कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी होली मिलन समारोहों में भाग न लेने का फैसला किया है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये उपचार से ज्यादा महत्वपूर्ण बचाव है उन्होंने लोगों से सामाजिक समारोहों में जाने से बचने की अपील की है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हए एहतियाती उपायों की एक सुची जारी की है इसके तहत लोगों को अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखने और बार बार साबन से हाथ धोने का परामर्श दिया गया है जब भी हाथ गंदे दिखे तो लोगों को उन्हें साब्न से बहते पानी से धोना चाहिए अगर हाथ गंदे नहीं दिखें तो सेनेटाइजर का उपयोग किया जा सकता है वहीं इस्तेमाल किए गए टिशू पेपर को तत्काल कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए और लोगों को खांसते और छींकते समय मुंह को ढक लेना चाहिए लोगों को सार्वजनिक जगहों पर न थूकने की सलाह दी गई है और किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क से दूर रहने का परामर्श दिया गया है जिसको खासी या बुखार हो इसके अतिरिक्त लोगों को जानवरों या कच्चे या अधपके मास के संपर्क में आने से भी बचना चाहिए साथ ही खेतों पश् बाजारों या उन जगहों पर जाने से बिलक्ल बचना चाहिए जहां पश् वध किया जा रहा हो

कोरोना वायरस जो है माइल्ड ही इन्फेक्शन है अगर हम पूरा ग्लोबल डेटा देखे तो इसकी मोर्टेलिटी सिर्फ दो या तीन परसेन्ट है

यदि किसी को कोरोना वायरस डायग्नोस होता है तो उनको कोरनटाइन की जरूरत है अगर वो पॉजिटिव होते है

अगर किसी को ज्यादा सिम्टम होते है जैसे निमोनिया के लक्षण हो सांस खुलकर नहीं आ रहा है खांसी में बलगम आ रहा है या छोटे बच्चे है जिनकी पसलियां चल रही है तो उनको दाखिल करने की जरूरत पड़ती है अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है या सेप्टिक शोक हो रहा है तो आईसीयू में एडमिशन की जरूरत पड़ती है राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कल मुजफ्फरनगर जनपद में कृषि विज्ञान केन्द्र का निरीक्षण किया तथा परिषदीय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय पहुंच कर छात्रों से बातचीत की इसके अलावा उन्होंने जिला महिला चिकित्सालय पहुंच कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया राज्यपाल ने प्रदेश में महिलाओं की प्रसव के दौरान होने वाली मौत पर चिन्ता जताते हए कहा कि महिलाओं की देखभाल में उनके पति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्होंने कृषि विज्ञान केन्द्र बघरा में किसानों से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि वह जैविक खेती को बढ़ावा दे उन्होंने कहा कि किसान के उत्पाद की ऐसी व्यवस्था हो जिसमें किसान अपने उत्पाद को विश्व में कही भी बेच सके

उन्होंने महिलाओं से भी खेती और पश्पालन में आगे आने की अपील की

उन्होंने कहा कि शिक्षक को चुनौतियों से भागना नहीं उन्हें चुनौतियों का मुकाबला करना चाहिये श्री योगी कल लखनऊ में आयोजित बेसिक शिक्षा से संबंधित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे एक शिक्षक को सर्वज्ञ होना चाहिये एक शिक्षक हमारे वर्तमान की और आने वाली पीढ़ी को उन चुनौतियों से जूझने के लिये तैयार करने वाली एक ऐसी श्रेखला होनी चाहिये शिक्षकों की जो चुनौतियों से भागने की बजाए चुनौतियों का मुकाबला करने की क्षमता अपने अन्दर पाल सके अपने अन्दर तैयार कर सके और उसके अनुरूप अपनी वर्तमान और मावी पीढ़ी को भी तैयार कर सके मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से जनगणना सहित सभी कार्यो में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने का आहवान करते हुए कहा कि इससे शिक्षकों की समाज के बारे में जानकारी बढ़ेगी और वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकेंगे उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से स्कूलों में शिक्षण कार्य की बेहतर सुविघाएं उपलब्ध कराई गई है छात्रों को यूनिफार्म किताबे और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता बताई

इस चरण में एक लाख चालीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी इस चार वर्षीय चरण को इस साल पहली अप्रैल से लागू किया जाएगा इस दौरान शौचालय के निर्माण और उसके इस्तेमाल सहित पहले चरण की उपलधियों को बनाए रखने पर बल दिया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति इस चरण के लाभ से वंचित न रहे मथुरा में होली के अवसर पर आयोजित किए जा रहे रंगोत्सव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं बरसाना में कल प्रसिद्व लट्ठमार होली खेली गयी हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि परंपरा के अनुसार नंदगांव से कल हुरियारों की टोली बरसाना पहुंची जहां गोपियों ने उनका स्वागत सांकेतिक रूप से लाठियां बरसाकर किया बरसाना की रंगीली गली में गीत संगीत और नृत्य के साथ लोग होली के रंग में डूबे नजर आए जिला प्रशासन ने होली पर आयोजनों को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गये हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया द्य्कर्म और हत्या मामले के दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज कर दी है राष्ट्रपति ने इससे पहले इस मामले के तीन अन्य दोषियों की भी दया याचिका खारिज कर दी थी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल कानपुर में अधिकारियों के साथ जिला योजना समिति की बैठक की उन्होंने विकास कार्यों के प्रति उदासीन विभागों की सूची शासन को भेजने के निर्देश दिए श्री मौर्य ने अधिकारियों को जनकत्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और उन्हें समय पर गुणवत्तापूर्वक पूरा कराने के भी निर्देश दिए दिल्ली की एक जिला अदालत ने कल भाजपा से निष्कासित विधायक क्लदीप सिंह सेंगर को उन्नाव दृष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दोषी करार दिया दुष्कर्म पीड़िता के पिता की नौ अप्रैल दो हजार अट्ठारह को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी

राजधानी लखनऊ कन्नौज कानपुर हमीरपुर सहित कई जनपदों में आंधी और हल्की वर्षा के चलते सामान्य जन जीवन प्रभावित हुआ है इस वर्षा को जहां फसलों के लिये लाभदायक बताया जा रहा है वहीं तेज हवाओं के कारण फसलों के गिर जाने से काफी नुकसान की संभावना बताई गई है